हमारी विशेष श्रृंखला में अच्छी खबर में सुनिये सीधी जिले के ग्रामीण अंचलों में स्व सहायता समूहों के जरिए अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बनती महिलाओं पर विशेष रिपोर्ट

नरोत्तम होमगार्ड गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपदा के मौके पर डयूटी देने सहित कानून और व्यवस्था बनाये रखने में होमगार्ड जवानों की भूमिका की सराहना की है

उधर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया छतरपुर में मुख्य अतिथि शीलेन्द्र सिंह ने परैड की सलामी ली और पुलिस अधीक्षक के साथ परैड का निरीक्षण किया यूनेस्को हैरिटेज प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विष्व धरोहरष्यहरों की सूची में शामिल कर लिया है पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ इसे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे और उनका कहना है हेरिटेज की सूची में आने के बाद ग्वालियर की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी अब यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने और उसकी खूबसूरती निखारने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेगा ऑनलाइन वन जमीन प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि अथवा गैर वन भूमि के परीक्षण के लिये वन विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जाकर अधिकतम दो सप्ताह में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि अभी तक यह परीक्षण फाइलों पर तथा मैदानी स्तर पर मैन्युअली किया जाता था नई व्यवस्था होने से न केवल समय और श्रम की बचत होगी बल्कि होने वाली त्रुटियों की संभावना खत्म हो जायेगी बच्चे उपचार शहडोल मेडिकल कॉलेज में जल्द ही एसएनसीयू और पीआईसीयू वार्ड शुरु होंगे जिला चिक्तिसालय में बच्चों की मौत के बाद जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है

जिले के चिकित्सकों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज और एम्स के डॉक्टरों का सहयोग मिलेगा बिजली मांग प्रदेश में षुक़वार को बिजली की अधिकतम मांग का नया रिकार्ड बना राज्य के बिजली सेक्टर के इतिहास में पहली बार बिजली की एक दिन की अधिकतम मांग चौदह हजार आठ सौ छप्पन मेगावाट दर्ज हुई है

बिजली कंपनियो के बेहतर प्रबंधन और सुदृढ़ नेटवर्क के कारण बिजली की इस अधिकतम मांग की सफलतापूर्वक आपूर्ति हुई और प्रदेश में कहीं भी विद्युत व्यवधान नहीं हुआ प्रदेश कोरोना प्रदेश में आज कोरोना के एक हजार चार सौ पचपन नए मामले सामने आये हैं इसके बाद कल केस की संख्या दो लाख चौदह हजार पांच सौ पर पहुंच गयी है

राज्य सरकार लोगों को लगातार बचाव के लिए सावधानी के उपाय करने के लिए जागरूक कर रही है प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ने पर संबंधित जिला प्रशासन को समुचित कदम उठाने को कहा गया है

शिवपुरी जिले में आज बाजार बंद रखा गया केवल दवाओं और जरूरी सामग्री की दुकानें खुली रही

सागर जिले के किसान गोविंद सिंह ठाकुर बताते है कि अब किसानों को किसी भी मंडी में उपज बेचने की आजादी हो गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों में बाबा साहब को याद किया गया इंदौर जिले में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर स्थित बाबा साहब के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई राजधानी भोपाल में उनकी प्रतिमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्वांजलि अर्पित की इसके अलावा आकाशवाणी सहित केन्द्रीय कार्यालयों और संगठनों द्वारा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया सीहोर में बाबा साहब के अनुयाईयों ने रैली निकाली और अंबेडकर पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित किया देवास में सर्वधर्म प्रार्थना सभा सहित अनेक कार्यक्रमों में डॉ अंबेडकर को याद किया गया

तीन मैंचों की सीरीज में आज दूसरा मैच जीतने के बाद भारत ने अपराजए बढ़त हासिल कर ली है

सैनिक कल्याण संचालनालय के संयुक्त संचालक कमांडर उदय सिंह ने नागरिकों से इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा दान करने की अपील की है

उन्होंने शिशुओं के उपचार व्यवस्था का जायजा लिया

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार